किसानों को दस रूपये में खाना मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम लद्दाख की गलवान घाटी में हिसंक झड़प में शहीद हये भारतीय सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जायेग आज विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक वर्च्अल बैठकि को समबोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि जो भी भारत की संप्रभता और अखंडता पर हमला करेगा भारत उसका म्हं तोड़ जवाब देगा प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्वांजलि देते हये उनकी बहादुरी को याद किया उन्होंने कहा कि भारत एक शांति पसंद राष्ट्र है जो कुर्बानी के सिद्वांत पर खड़ा है श्री मोदी ने कहा कि भारत की सदैव यह कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ आम सहमति बना कर रखी जाये प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश हमेश इस क्षेत्र मे शांति की कामना करता है लेकिन किसी भी किसम की भड़काव की सूरज में मुंह में यह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है श्री मोदी और इस बैठक में हिस्सा लेने वाले मुख्यमंत्रियों ने गलवान घाटी के शहीदों को याद में दो मिनट का मौन रखा प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र द्वारा समय पर फैसला लेने से कोविड की विश्व महामारी पर काबू पाने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि देश में पहले से फिर किये ये सुरक्षा उपायों के कारण मरीज़ों के स्वस्थ होने की दर मे उल्लेखनीय वृद्वि हुई है श्री मोदी ने देश मे कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु एप्प के प्रभावशाली इस्तेमाल पर ज़ोर दिया

रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह ने गलवान घाटी में शहीद हये सैनिको को श्रद्वांजलि दी है उन्होंने कहा कि सैनिकों की शहादता बहुत ही परेशान करने वाली और एक द्खद घटना है रक्षामंत्री ने कहा कि इन सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हये सर्वोच्च बलिदान दिया

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लददाख की गलवान घाटी मे मातभूमि की रक्षा करते बाहदर जवानों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है गृहमंत्री ने कहा कि हये राष्ट्र इन अमर शहीदों के बलिदान को सलाम करता है गृहमंत्री ने कहा कि भारत इन महान क्र्बानी के लिए सदैव इनका ऋणी रहेगा ग्रूग्राम में ओल्ड डी एल एफ की फर्नीचर मार्किट के व्यापारियों ने चीनी फर्नीचर का बहिष्कार करते हये उसे आग के हवाले कर दिया एकदम नये फर्नीचर को आग के हवाले करते हये व्यापारियों ने कहा कि उनका यह विरोध बहाद्र शहीदों को श्रद्वांजलि है हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला व सांसद सुनीता दुग्गल ने अजा सिरसा की अनाज मंडी में अटल किसान मज़द्र कैंटीन का उदघाटन् किया यह कैंटीन अनाज मंडी में आने वाले किसानों व मज़दूरों को रियायती दरों पर ग्णवता वाला भोजना उपल्बंध करवाने के उद्देश्य से खोली है हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने केंटीन में खाना भी खाया और मज़द्रों में भी वितरित किया संवाददाता के अन्सार मज़द्रों और किसानों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है

रोहतक की अनाज मंडी में भी आज सांसद डॉ अरविंद शर्मा ने अटल किसान मज़द्र कैंटीन का शुभारंभ किया

हमारे संवाददाता ने बताया कि फरीदाबाद से पांच कोरोना मरीज़ों की मृत्यु होने की खबर है

वहीं यम्ना जिले में चार और पंचकूला में दो पोजिटिव मामले सामने आये है

सभी जगह पर प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक दरी का ख्याल रखने की हिदायत की है

इसने कहा है विद्यार्थियों को केवल प्रामाणिक स्त्रोतो से ही जानकारी हासिल करनी चाहिए

प्लिस प्रवक्ता सुबे सिहं ने बताया कि आरोपी की पहचान राजेश मिश्रा निवासी डब्आ कालोनी के तौर पर हुई है

प्रवक्ता ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी से प्रछताछ कर यह पता लगाये जायेगा कि सुल्फा का सप्लायर कौन है और यह कहां दिया जाना था